केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पिछले डेढ महीने से एक बघेरे के विचरण करने के कारण उद्यान प्रशासन ने अन्दरूनी हिस्सों में पर्यटकों के जाने पर लगाई रोक

निर्वाचन उपायुक्त उमेश सिन्हा ने नई दिल्ली में बताया कि महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया उन्होंने बताया कि हिंसा की कुछ घटनाओं को छोड़कर मतदान कूल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा

मतदान प्रक्रिया पूरी हो जाने के साथ ही चुनाव मैदान में उतरे आठ हजार उनचास उम्मीदवारों का भाग्य वोटिंग मशीनों में बंद हो गया

स्ट्र्डियो में उपस्थित विशेषज्ञ परिणामों का विश्लेषण करेंगे कार्यक्रम ऑल इंडिया रेडियो क्रे एफ एम गोल्ड और अन्य चैनलों पर सुना जा सकेगा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

उन्होंने कहा कि प्रचार में सार्वजनिक हित के मुद्दों के बजाय व्यक्तिगत आक्षेप लगाने का चलन चिंता का विषय है कोस्टारिका के यूनिवर्सिटी ऑफ पीस से मानद डॉक्टरेट उपाधि दिये जाने के बाद अपने सम्मान में आयोजित समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि राजनीतिक नेता को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वे एक दूसरे के शत्रु नहीं बल्कि प्रतिद्वंद्वी हैं

इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश में चल रही विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी विशेष रूप से मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना निःशुल्क जांच योजना और जननी शिशु सुरक्षा योजना की सभी प्रतिनिधियों ने सराहना की

इससे कामकाज आसान हो जायेगा इसके जरिये प्रवर्तन गतिविधियों की निगरानी अपने आप चौबीसो घंटे की जा सकेगी

कंपनी कानून से संबंधित सभी फाइलें इसी पोर्टल के माध्यम से मंत्रालय को भेजी जाती हैं

उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव को देखते हए एक मार्च से चलाये गये वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के राज्यव्यापी अभियान में अब तक पांच हजार चार सौ पचास लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है

इन लोगों से विस्फोट में काम आने वाला अमोनियम नाइट्रेट भी बरामद किया गया है

माना जा रहा है कि इस विस्फोटक का अवैध खनन में इस्तेमाल किया जाना था उन्होंने बताया कि खनन की कार्रवाई के दौरान खनन माफियाओं की तरफ से पुलिस टीम पर फायरिंग भी की गई और पुलिस की सरकारी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया गया पुलिस ने खनन माफियाओं के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है

इस व्यक्ति ने पुलिस महानिदेशक की आईडी को हैक किया और नाम तथा फोटो बदलकर अजमेर की एक महिला को ब्लेकमेल करते हए उससे पचास हजार रुपए की मांग की और नहीं देने पर एनकाउंटर की भी धमकी दी पुलिस आरोपी को बीकानेर से गिरफ्तार कर अजमेर ले आई है और आगे की पुछताछ की जा रही है

इसमें जयपुर पिंक और अर्जमेर ग्रीन के बीच टक्कर है यह प्रतियोगिता प्रदेश में पहली बार आयोजित की जा रही है इसे लुई ब्रेल दृष्टिहीन विकास संस्थान और इंडियन ऑयल ने आयोजित किया है